इनमें दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद औषधि उद्योग मोटर वाहन और उसके कल पूर्जे कपड़ा और उससे जुडे उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद शामिल हैं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी निवेश को आकर्षित करने के अलावा निर्यात को प्रोत्साहित करेगी मुख्यमंत्री दौरा चंबा प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज डल्हौली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्याव व लोकार्पण करेंगे इस दौरान वह बनीखेत के पधर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार द्वारा टोकन टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस में कटौती करने के निर्णय का स्वागत किया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग द्वारा पहले लिए जा रहे टैक्स स्लैब को अब साधारण किया गया है सुरेश कश्यप ने कहा कि त्योहारी सीजन में वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस कम करके प्रदेश सरकार ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है प्रकाश राणा जोगिन्दर नगर के विधायक प्रकाश राणा ने राजस्व कर्मियों से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का आहवान किया है ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो प्रकाश राणा कल लड़भड़ोल में पटवार कानूनगो संघ की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में होने वाली अनावश्यक देर से खासकर गरीब लोगों को असुविधा होती है और उन्हें समय पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता

राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया था जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरूक्षेत्र में रह रहे थे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने कोरोना मामलों में वृद्वि पर हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने से हाईकोर्ट चिंतित कहा सरकार दो दिन में स्थिति स्पष्ट करे

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है कोरोना वार्ड फुल होने पर सरकार को नोटिस हाईकोर्ट ने दो दिन के भीतर सारी स्थिति पर जवाब मांगा

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल के बालीवुड स्टार हरीश की कोरोना से मौत आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को शीर्षक दिया है प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से देश को निकाला